कहा पिछली सरकारों की नीतियों ने क्षेत्रीय विकास में असमानता को दिया बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों पर विकास विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा है कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण क्षेत्रीय विकास में असमानता मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि आज जब केन्द्र सरकार विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचाना चाहती है तब विपक्षी दल इस प्रयास में रोड़ा अटका रहे हैं उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे वे आज हाथ मिलाकर मौजूदा सरकार के विकास कार्यों को रोक रहे हैं श्री मोदी ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और विधेयकों को लटकाने का आरोप लगाया तीन तलाक के मुद्दे पर विपक्ष के रूख की कड़ी आलोचना करते हुये श्री मोदी ने कहा कि इन दलों के रवैये के कारण तीन तलाक विधेयक अब तक कानून का रूप नहीं ले सका उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम महिलाओं के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार नया कानून बनाने पर विचार कर रही है आज हैदराबाद में संवाददाताओ से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि इससे संबंधित विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को बनाये रखने के लिए भी अध्यादेश लाने का विचार कर रही है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज सब्सिडी खत्म होने और सऊदी अरब में विभिन्न नए करों के बावजूद इस बार सबसे ज्यादा भारतीय मुस्लिम हज यात्रा कर रहे हैं श्री नकवी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश से रिकॉर्ड एक लाख पचहत्तर हजार पच्चीस मुसलमान हज यात्रा के लिए जा रहे हैं इधर बिहार से हज यात्रियों का पहला जत्था आज शाम गया हवाई अड्डे से सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए रवाना हुआ इस बार बिहार से चार हजार सात सौ अठानवे लोग हज यात्रा पर जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह छियालीसवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार और सुझाव देने को कहा है इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकार्ड कराया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजा जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार निवासी प्रोफेसर राकेश सिन्हा सहित कला और संस्कृति जगत की चार जानीमानी हस्तियों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है प्रोफेसर राकेश सिन्हा मूल रूप से बेगूसराय जिले के मनसेरपुर गांव के रहने वाले हैं श्री सिन्हा के मनोनयन पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित समाज के गणमान्य लोगों ने बधाई दी है जिन अन्य तीन लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश के दलित नेता राम सकल शिल्पकार रघुनाथ महापात्रा और शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह शामिल हैं उपमुख्यमंत्री और जीएसटी पर गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इक्कीस जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में कानून के प्रावधान में व्यापक बदलाव पर विचार किया जा सकता है आज बेंगलुरू में मंत्री समूह की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि छोटे व्यापारियों के हित में कम्पोजिशन स्कीम में तहत टर्न ओवर की सीमा एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है उन्होंने कहा कि ई वे बिल की निगरानी के लिए राज्य की सीमा पर सेंसरयुक्त कैमरे और मालवाहक गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लागाये जायेंगे राज्य के पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ का आज दिल का दौरा पड़ने से मधुबनी में निधन हो गया वे सत्तासी वर्ष के थे राजकुमार महासेठ ने कई बार मध्बनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में उन्हें पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी थी पूर्व मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज विभिन्न जिला और अनुमंडलीय अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान आपसी सुलह और समझौते से बड़ी संख्या में दीवानी मामलों का निपटारा किया गया शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लोक अदालत के दौरान ज्यादातर बैंक ऋण से संबंधित मामलों का निबटारा किया गया वहीं आरा व्यवहार न्यायालय में आपसी सहमति से एक हजार तिरानबे मामलों का निष्पादन किया गया बक्सर में कुल नौ पीठों का गठन किया गया था जिसमें छह सौ छप्पन विवादों का निबटारा किया गया प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है आज पटना और गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस के आस पास दर्ज किया गया मौसम विभाग के अुनसार बंगाल की खाड़ी में बना ऊपरी हवा का चक्रवात कमजोर पड़ गया है जिस कारण अठारह जुलाई तक बारिश की सम्भावना नहीं के बराबर है हालांकि पश्चिम बंगाल से होकर आ रही नमी के कारण कुछ स्थानों पर इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है प्रदेश के तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए मनमाने सालाना फीस को नियंत्रित किया गया है

वहीं किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के अकादमिक सत्र के लिए विद्याथियों से आठ लाख रूपये सालाना शुल्क लेने की अनुमति दी गयी है श्रावणी मेले में कांवरिया पथ पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नौ सौ छब्बीस शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा इसके अलावा आठ सौ अठानवे चापाकल भी लगवाये जायेंगे विभागीय मंत्री विनोद नारायण झा ने बताया कि कांवरिया पथ पर तीन सौ सतहत्तर झरने और स्नानागार की व्यवस्था रहेगी सुल्तानगंज सीढ़ी घाट पर म्यूजिकल फाउंटेन की व्यवस्था की जाएगी विभाग ने इसके लिए बांका मुंगेर और भागलपूर प्रमंडलों को राशि उपलब्ध करवा दी है राजधानी पटना में इस्कॉन की ओर आज से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गयी भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था यात्रा में शामिल श्रद्वालु हरे राम हरे कृष्णा का उदघोष कर रहे थे शहर के पचास स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की भव्य आरती की की गयी श्रद्धालुओं के बीच महा प्रसाद का भी वितरण किया गया बिहार के पहले सुलभ जल परियोजना का शिलान्यास आज दरभंगा मे नगर निगम कार्यालय के निकट हर बोल पोखर पर विंदेश्वर पाठक ने किया इस परियोजना के माध्यम से तालाब के पानी को स्वच्छ कर पीने योग्य बनाया जायेगा इस अवसर पर स्थानीय विधायक संजय सरावगी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और महापौर बैजंती खेड़िया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे समस्तीपूर जिले के उजियारपूर थाना क्षेत्र के अकहा गांव के एक सप्ताह पूर्व एक शिक्षक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आज चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शिवहर जिले के विभिन्न पंचायतों में आज विशेष अभियान चला कर शौचालय निर्माण के लिए तीस हजार गड्ढे खोदे गए वैशाली जिले के हाजीपुर के दीग्घी पूर्वी पंचायत में विधायक अवधेश सिंह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बावन बीपीएल परिवारों के बीच निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का वितरण किया समस्तीपूर जिले के कल्याणपूर थाना क्षेत्र के ध्र्वगामा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से झुलस गया वैशाली जिले के गौरोल थाना क्षेत्र के रसूलपुर कोरी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अड़तालीस बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

कहा पिछली सरकारों की नीतियों ने क्षेत्रीय विकास में असमानता को दिया बढ़ावा